केन्द्र सरकार सुशासन के लिए अत्याध्रनिक प्रौद्योगिकी लागू करने पर दे रही है जोर कहा केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने

मुख्यमंत्री पंचपरमेष्वर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सरपंचों के साथ गांवों के विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे सरपंच जिले के एनआईसी केन्द्र से मुख्यमंत्री श्री चौहान से बातचीत करेंगे इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल कहा कि गांवों के विकास के लिए पंच परमेश्वर योजना को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा

इससे ग्रामों में अधोसंरचना विकास पेयजल व्यवस्था संबंधी कार्य कराए जाएंगे इसी प्रकार अधोसंरचना विकास के अंतर्गत सीसी रोड पक्की नाली पुलिया निर्माण बाउंड्री वॉल पेवर ब्लॉक सड़क एलइडी स्ट्रीट लाइट आदि कार्य हो सकेंगे इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल प्रवासी मजदूरों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात की थी राज्य में प्रवासी मजदूरों को उनकी कार्य कृशलता व दक्षता के आधार पर रोजगार मिल सके इसके मकसद से श्रम विभाग ने रोजगार सेतु पोर्टल शुरू किया है

देवास इंदौर और उज्जैन में उपार्जन चल रहा है

यह जानकारी मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गेहूं खरीदी और भंडारण को लेकर हई समीक्षा बैठक में दी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विभिन्न जिलों में गेहूं की खरीदी और भण्डारण की जानकारी ली इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में गेहूं खरीदी का काम पूरा हो चुका है वहाँ भण्डारण के लिए जरूरी वेयरहाउस की व्यवस्था की जाये

हालांकि सुखद खबर यह है कि अब तक आधे से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं

यहां भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय षाखा प्रबंधक पीड़ित पाए गए हैं कल उनकी रिपोर्ट आने के बाद बैंक को सैनिटाइज करने के बाद बंद कर दिया गया है

ग्वालियर जिला कलेक्टर कौषलेन्द्र विक्रम सिंह ने कोरोना को लेकर शहरवासियों को सतर्क रहने को कहा है

बिजली समीक्षा ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कल जबलपुर में जनरेटिंग तथा ट्रांसमिशन कम्पनी के कामों की समीक्षा की

उन्होंने कहा कि पॉवर जनरेटिंग कम्पनी ताप और जल विद्युतगृह की क्षमता का पूरा उपयोग कर बिजली उत्पादन करें और पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी गुणवत्तापूर्ण वोल्टेज से निर्बाध बिजली आपूर्ति करें गडकरी केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार प्रौद्योगिकी के अधिक इस्तेमाल पर ध्यान केन्द्रित कर रही है क्योंकि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी लागू किये बिना सुशासन नहीं लाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश शाखा द्वारा आयोजित आभासी रैली में श्री गडकरी ने कहा कि वर्तमान नरेन्द्र मोदी सरकार सुशासन पर अधिक ध्यान दे रही है और इसके लिए अत्याध्रनिक प्रौद्योगिकी तथा तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इसी वजह से सरकार ने कोरोना संकट के समय जनधन खातों में सीधे धनराशि अंतरित की श्री गडकरी ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सरकार ने देश को आत्म निर्भर और सुद्रढ़ बनाने के उपाय शुरू किये हैं महाकालेष्वर दर्षन उज्जैन स्थित महाकालेश्यर मंदिर में प्री बुकिंग के माध्यम से दर्शनार्थियों के दर्शन का सिलसिला जारी है पिछले दो दिनो में लगभग पांच हजार से अधिक दर्शनार्थियो ने दर्शन किए मंदिर में कोरोना संकमण से बचाव के लिए के केंद्र और राज्य सरकार के दिषा निर्देषों और स्वास्थ्य विभाग के मानक परिचालन नियमों का पालन किया जा रहा है वहीं नियमों का पालन करते हुए अमरकंटक में मां नर्मदा मंदिर आमजनों के लिए खोला गया मंदिर में थर्मल स्क्रीनिंग सोषल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए चूने से निषान और सैनिटाइजर के इंतजाम किए गए हैं मौसम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सिस्टम बनने से प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश हो सकती है मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के अनुसार आज इंदौर उज्जैन जबलपुर भोापाल होशंगाबाद और ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है

अन्य स्थनों पर मौसम शुष्क रहा इससे उमस भरी गर्मी महसूस की गई

सीबीएसई स्कूल याचिका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के स्कूल संचालकों के संघ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर कर राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी है जिसमें स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने को आदेश दिया गया है एसोसिएशन ऑफ अनएडेड सीबीएसई स्कूल्स के अध्यक्ष की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोनाकाल में केवल ट्यूशन फीस ही लेने सहित अन्य प्रतिबंध लगाना सही नहीं है खंडपीठ के जस्टिस एससी शर्मा ने कल इस याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी आधार पंजीयन इंदौर षहर में जिला प्रषासन ने कोरोना संक्रमण के प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर आधार पंजीयन केंद्र षुरु करने की अनुमति दे दी है इन आधार केंद्रों पर प्रबिंधित झोन से आने वाले कर्मचारियों का प्रवेष प्रतिबंधित रहेगा प्रत्येक पंजीयन के पश्चात बायोमेट्रिक मशीनों को अनिवार्य रुप से सेनेटाइज किया जायेगा